आईजीएमसी शिमला में अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगा किडनी प्रत्यारोपण नई उर्जा नीति को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने सदन में हंगामे के बाद किया वाकआउट

प्रश्नकाल मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि प्रदेश के सभी शहरों में सीवरेज प्रणाली विकसित करने के लिए एकीकृत प्रोजेक्ट तैयार कर मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा जाएगा ताकि सीवरेज स्कीमों के लिए राज्य को पर्याप्त धनराशि मिल सके प्रदेश विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सतापक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में धीमी गति से चल रही सीवरेज स्कीमों का मुद्दा उठाने पर हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही उन्होंने कहा कि स्वीकृत सीवरेज स्कीमों के निर्माण में हो रही देरी के लिए शहरी विकास विभाग और सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय की जरूरत है उन्होंने कहा कि सीवरेज प्रणाली के आवश्यक प्रभावी प्रबंधन के लिए सरकार शहरी विकास विभाग और सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग की एक समन्वय समिति गठित करेगी समन्वय समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सीवरेज स्कीमों के निर्माण कार्य की गति को कैसे तेज किया जाए

इनमें चंबा में सीवरेज स्कीम का कार्य पूरा कर लिया गया है और यह स्कीम सुचारू रूप से चल रही है

शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि सीवरेज स्कीमों के निर्माण में पैसे की कोई कमी नहीं हैं तथा राज्य सरकार द्वारा इन स्कीमों के विकास के लिए सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त बजट दिया जाता है भाजपा के सुखराम चौधरी ने अनुप्रक सवाल के माध्यम से पांवटा शहर में सीवरेज स्कीम पूर्ण नहीं होने का मामला उठाया कांग्रेस के परमजीत पम्मी ने बद्दी और सतपाल रायजादा ने उना शहर और भाजपा के विक्रम जरियाल ने चुआड़ी में लंबित सीवरेज स्कीमों का मामला उठाया भाजपा के राकेश पठानिया ने शहरी विकास मंत्री की घेराबंदी करते हुए कहा कि संबंधित विभागों में तालमेल की कमी से सीवरेज स्कीमों के निर्माण में विलंब हो रहा है और सरकार को धरातल पर काम करने की जरूरत है स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने कांग्रेस के अनिरूद्व सिंह के मूल सवाल के जवाब में बताया कि आईजीएमसी अस्पताल शिमला में अगले वर्ष फरवरी में किडनी का प्रत्यारोण शुरू हो जाएगा उन्होंने कहा कि इसके लिए डाक्टरों को एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ में तीन महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है

विपिन परमार ने बताया कि आईजीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया शुरू की जा रही है और अस्पताल में दो ऑपरेशन थियटर अपग्रेड किए जा रहे हैं आपेरशन थियटर के अपग्रेडेशन का काम इस साल नवम्बर माह में तक पूरा हो जाएगा भाजपा के राकेश पाठानिया ने भी किडनी प्रत्यारोपण को लेकर अनुपूरक प्रश्न पूछा

विधानसभा में आज बागवानी विकास व खुंब प्रोजेक्ट को लेकर विशेष वक्तव्य देते हुए उन्होंने ये जानकारी दी

इस प्रोजैक्ट से मिनी फूड पार्क की स्थापना करने के अलावा बंदरों तथा जंगली जानवरों के आतंक के कारण खेती छोडने वाले किसानबागवानों के लिए सोलर फैंसिंग और कांटेदार बाढ़ को लगाए जाने का प्रावधान भी किया गया है संकल्प चर्चा विधान सभा में आज भाजपा के राकेश पठानिया ने निजी संकल्प के माध्यम से अवैध खनन के मुद्दे को सदन में उठाते हुए चक्की खडड समेत समूचे प्रदेश में अवैध खनन पर नकेल कसने को कारगर कदम उठाने की बात कही संकल्प पर चर्चा में भाग लेने वाले पक्ष व विपक्ष दोनों के ही सदस्यों ने अवैध खनन के मामले में अधिकारियों पुलिस व खनन माफिया की राजनेताओं के साथ मिलीभगत बताई दोनों ही पक्षों के वक्ताओं ने इस मामले में सरकार से कारगर कदम उठाने की बात कही उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर के उत्तर के बाद राकेश पठानिया ने अपना संकल्प वापस लिया इससे पहले चर्चा का उत्तर देते हुए उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार में न तो कोई खनन माफिया का एजेंट है और न ही कोई मिला हुआ है उन्होंने कहा कि उनके विभाग के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी की मिलीभगत की स्थिति में सख्त कार्रवाई होगी उद्योग मंत्री ने कहा कि चक्की खड्ड में अवैध खनन रोकने के लिए विशेष दस्ता गठित होगा इसमें पुलिस बल के जवान भी होंगे उन्होंने कहा कि चक्की खड्ड के अलावा प्रदेश की अन्य खड्डों से राज्य के बाहर जाने वाले सभी अवैध रास्तों को बंद किया जाएगा विक्रम ठाकुर ने पक्ष व विपक्ष से खनन गिरोह पर काबू पाने में सहयोग की अपील की और कहा कि अवैध रूप से खनन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा चर्चा में राकेश पठानिया के अलावा विधायक राम लाल ठाकुर हर्षवर्द्वन चौहान जगत सिंह नेगी रवींद्र धीमान परमजीत सिंह पम्मी सुखराम चौधरी जेआर कटवाल मोहन लाल ब्राक्टा व सतपाल रायजादा ने भाग लिया वाकआउट प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के आज छठे दिन नई ऊर्जा नीति को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस ने फिर हंगामा किया और प्रश्नकाल के बाद ऊर्जा नीति को लेकर सदन से वाकआउट किया विस्तृत ब्यौरा हमारे संवाददाता संजीव सुन्द्रियाल से डिस्पैचप्रश्नकाल के बाद उर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने जैसे ही नई ऊर्जा नीति पर वक्तव्य पढ़ना शुरू किया तो विपक्ष ने यह कहते हुए हंगामा शुरू कर दिया कि ऊर्जा नीति पर दो दिन पहले सदन में चर्चा के बाद मंत्री जवाब दे चुके हैं उर्जा मंत्री को सदन में वक्तव्य पेश करने की अनुमति देने पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल से उलझ गए लेकिन अध्यक्ष ने सदन के नियमों का हवाला दिया और विपक्ष के विरोध के बीच ऊर्जा मंत्री को अपना वक्तव्य सदन में पढ़ने की इजाजत दी इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए वाकआउट कर गए संजीव सुन्द्रियाल आकाशवाणी समाचार शिमला अग्निहोत्री सदन से वाकआउट करने के बाद विपक्ष ने सरकार पर ऊर्जा माफियाओं को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि नई ऊर्जा नीति पर उर्जा मंत्री दो दिन पहले चर्चा के बाद सदन में जवाब दे चुके हैं ऐसे में अध्यक्ष द्वारा फिर से मंत्री को सदन में अपना वक्तव्य पढ़ने की इजाजत नहीं देनी चाहिए

राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने लोगों से जन्मदिवस सालगिरह और स्मृति दिवस पर पौधारोपण करने का आहवान किया है शिमला के समीप तारादेवी में शिमला कालका रेल ट्रैक पर आज वन महोत्सव के मौके उन्होंने कहा कि इससे इस अवसर की सार्थकता बढ़ेगी और पर्यावरण संरक्षण का ये कार्य जीवन से जुड़ सकेगा राज्यपाल ने वन विभाग को निर्देश दिए कि वे ऐसे स्थान चिन्हित करें जहां नवविवाहित दम्पत्ति पौधा रोपित कर सके

उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के दुष्परिणामों से बचने के लिए पौधे लगाना बेहद जरूरी है राज्यपाल ने विद्यार्थियों से नशे के खिलाफ प्रदेश सरकार के अभियान में सहयोग का आहवान भी किया राज्य रैडक्रॉस व वनविभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वन विभाग के कर्मचारियों को पर्यावरण की दिशा में दी गई उत्कृष्ठ सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया गया इससे पहले राज्यपाल और रैडक्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने चिनार के पौधे लगाए इस अभियान में कुल एक हजार पौधे रोपे गए वीरेन्द्र कश्यप महिलाओं को धुंए से निजात दिलाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल गृहिणी योजना शुरू की गई है

उन्होंने कहा कि प्रदेश व केन्द्र सरकार का उद्देश्य है कि देश की कोई भी महिला गैस कनैक्शन से वंचित न रहे और धुंए से होने वाली परेशानी व लकड़ी ढोने के बोझ से बच सके इस मौके महिलाओं ने योजना को फायदेमंद बताते हुए कहा कि गैस मिलने पर उन्हें काफी सुविधा होगी और इससे इनके परिवार की सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

नादौन विधानसभा क्षेत्र के कंडरोला और गलोड़ खास के बदारन में आज जनसभाओं में उन्होंने ये बात की